मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखे लोगों की नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम क्वारंटीन केंद्रों का दौरा अवश्य करें ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों और लंबी बीमारी से पीड़ित मरीजों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए जयराम ठाक्र ने कहा कि जिला प्रशासन देश के अन्य हिस्सों से आने वाले हिमाचलियों के घर पहुंचने से पहले पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनकी सूचना उपलब्ध करवाए

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी भी मौजूद थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने जरूरतमंदों और गरीबों को फेस मास्क व भोजन उपलब्ध कराने और सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक व प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई है उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि कोई अवहेलना करता है तो इसे तुरंत जिला प्रशासन के ध्यान में लाया जाए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन से नेरवा चौपाल और बंसतपुर पंचायतों सहित तिब्बती ओल्डेज होम ढली और ओल्डेज होम मण्डी के गरीब व बेसहारा बुजुर्गों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए बचाव संबंधी सामग्री और स्वच्छता किट लेकर चार पिकअप गाड़ियों को रवाना किया राज्यपाल ने कहा कि हैल्पएज इंडिया के माध्यम से करीब दो सौ किटें छः सौ परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हमें सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने बुजूर्गों का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान हैल्पएज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने संस्था द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस तरह से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का नया उदय हुआ और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने और शिक्षा को नई उंचाईयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानो की आर्थिकी में सुधार के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत पर बल दिया है केलंग में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सब्सिडी का लाभ किसानों तक पहंचाने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि जिले में किसानों के लिए कम कीमत पर किराए पर मशीनें उपलब्ध है और किसान टोल फ्री नम्बर नौ चार एक आठ शुन्य शुन्य तीन तीन दो पांच पर संपर्क कर फसल तैयार होने की सूचना दे सकते है

कोरोना को लेकर आज का दिन प्रदेश के लिए राहत भरा रहा और कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया

आज बैजनाथ में उपचाराधीन तीन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इन तीनों को सात दिन के लिये होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिये गए हैं कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है

सहजल कोरोना वायरस संकमण का स्थाई हल जन जन के सहयोग से ही निकाला जा सकेगा ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन के कंडाघाट उपमंडल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करते हुए कही

उज्जवला लाभार्थी देश में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई घोषणाएं की गई हैं ताकि गरीबों का चूल्हा जलता रहे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को तीन तीन निशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना भी इसी के अंतर्गत शामिल है

जिले की लाभार्थी महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी बंगाल में चकवात के चलते अम्ब स्टेशन से रवाना होने वाली इस ट्रेन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है संदीप कुमार ने बताया कि जल्द ही ट्रेन को रवाना करने की नई तिथि घोषित की जाएगी

कन्टेंनमेंट जोन हमीरपुर जिले में बीते कल कोरोना संक्रमित के पांच नए मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की तीन पंचायतों के चार वार्ड और हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के आठ वार्ड कन्टेंनमेंट जोन घोषित किए गए हैं उपायुकत हरिकेश मीणा ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील अब समाप्त हो गई है उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के जीवन स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा न हो